वहीं जयपुर हैरीटेज में कांग्रेस और जयपुर ग्रेटर में भाजपा बढ़त बनाए हुए है इसी प्रकार कोटा उत्तर में कांग्रेस और कोटा दक्षिण में भाजपा आगे चल रही है

एमबीसी आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को लेकर भरतपुर के पीलूपुरा क्षेत्र में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को आज तीसरे दिन भी गूर्जर समुदाय के लोगों ने बाधित कर रखा है

इधर राज्य सरकार ने कहा है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने कहा है कि समिति के साथ वार्ता के लिए सरकार हमेशा तैयार है आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि इन सभी खिलाड़ियों को खेल संबंधी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी प्रदेश में अब घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा

विधि मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि विधेयक में धारा चार के तहत प्रावधान किया गया है कि सार्यजनिक स्थल सार्वजनिक और निजी वाहन सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यक्रम और आम समारोह में जाने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा महामारी अधिनियम में सामाजिक दूरी का प्रावधान पहले ही जोड़ा जा चुका है प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है

प्रदेश के जयपुर जोधपुर अलवर बीकानेर नागौर तथा अजर्मेर जिले संकमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है

यह परीक्षा जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा बीकानेर और अजमेर जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी लिखित परीक्षा के लिए आनलाइन प्रवेश पत्र कल जारी होंगे प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ता ही जा रहा है